नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ पीस मैराथन का आयोजन किया गया केन्या के धावक भी हुए शामिल

अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना

किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी

द्वारा श्री भगत ने आज रायपुर जिले के मंदिर हसौद खुटेरी और रींवा के धान खरीदी केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह बात कही उन्होंने अधिकारियों को खरीदी केन्द्रों में रखे गए धान को तालपत्री और पॉलीथिन से ढंककर रखने के निर्देश भी दिए उधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी बेमौसम बारिश के चलते धान खरीदी का कार्य प्रभावित हुआ है बालोद जिले में धान खरीदी के लिए एक सौ दस केन्द्र बनाए गए हैं इनमें से कई केन्द्रों में धान खरीदी बंद है और बारिश से धान भी भीग गया है लोक अदालत प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया इसमें बैंक बिजली बीमा कंपनी टेलीफोन और जलकर दीवानी और पारिवारिक मामलों का आपसी राजीनामे से निराकरण किया गया जिला न्यायालय में आने वाले सभी पक्षकारों के लिए निःषुल्क बस सेवा और भोजन की व्यवस्था की गई थी वहीं जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय परिसर में पक्षकारों को निःपुल्क चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई

यह मैराथन शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए ग्राम बासिंग पहुंची इक्कीस किलोमीटर की इस मैराथन दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग और अलग अलग संगठनों के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया इस हाफ मैराथन में केन्या के धावक भी शामिल हुए पुरूष वर्ग में गोरखा रेजीमेंट के जवान शंकरमान थापा और महिला वर्ग में केन्या की एलिसा ने पहला स्थान हासिल किया वहीं पुरूष वर्ग में केन्या के साइमन और महिला वर्ग में लखनऊ की डिंपल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया उद्योग मंत्री कवासी लखमा सांसद दीपक बैज और विधायक मोहन मरकाम ने इस अवसर पर विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मैडल प्रदान कर पुरस्कृत किया मुख्यमंत्री उद्योग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के उद्योगविहीन क्षेत्रों में उद्योग लगाने वालों को अब राज्य सरकार रियायत देगी श्री बघेल ने कल नवा रायपूर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही इस अवसर पर उन्होंने देश के विभिन्न उद्योगों और सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीईओ को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा और मानव श्रम उपलब्ध है प्रदेश में नई उद्योग नीति भी लागू की गई है जिसमें उद्योगों को बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं राजिम पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम में कल से माघी पुन्नी मेला शुरू हो रहा है महानदी पैरी और सोंदूर के त्रिवेणी संगम में कल सुबह हजारों की संख्या में श्रद्वालु पवित्र स्नान करेंगे मेले को देखते हुए ऐतिहासिक कुलेश्वरनाथ महादेव और राजीव लोचन मंदिर को आकर्षण ढंग से सजाया गया है मेले के दौरान पंद्रह से इक्कीस फरवरी तक संत समागम का आयोजन किया जाएगा समापन इक्कीस फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा मेले में आने वाले श्रद्दालुओं को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिए धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिला प्रशासन को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं राजिम माघी पुन्नी मेला में छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक और लोक परम्पराओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसमें राज्य के प्रमुख लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी इसी तरह राजधानी रायपुर के पास खारून नदी के किनारे स्थित महादेवघाट जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण सहित प्रदेश में कई स्थानों पर भी माधी पुन्नी के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाएगा वहीं मुंगेली जिले के नूनियाकछार में कल से तीन दिवसीय बगदाई मेला उत्सव का आयोजन किया जाएगा इस दौरान पूजन मानस प्रतियोगिता छात्र छात्राओं का सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे पीएससी परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो हजार उन्नीस कल आयोजित की जाएगी यह परीक्षा सुबह दस से बारह बजे तक तथा दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक होगी इसके लिए प्रदेश के सोलह जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं यह परीक्षा दो सौ बयालीस पदों के लिए आयोजित की जा रही है परीक्षा के लिए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नौ अप्रैल दो हजार उन्नीस को दंतेवाड़ा जिले के श्यामगिरी मार्ग पर तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में श्री मंडावी और चार सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हो गई थी इस घटना की जांच के लिए सिक्किम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है वर्षा जल संचय प्रदेश में वर्षा जल को सहेजने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने व्ही वायर इंजेक्शन वेल रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अवलोकन किया दूसरी ओर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जल संरक्षण और कुशल जल प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं वर्षा जल के संरक्षण और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों और कार्यालय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की गई है सुरक्षा सलाहकार बैठक केन्द्र सरकार के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार और छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी ने कल कवर्धा में माओवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की बैठक में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिलों में अर्द्वसैनिक बलों और राज्यों के सुरक्षा बलों के समन्वय से संयुक्त ऑपरेशन चलाने पर सहमति व्यक्त की गई लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की सातवी कड़ी का प्रसारण कल नौ फरवरी को होगा लोकवाणी में इस बार परीक्षा प्रबंधन और युवा कैरियर के आयाम विषय पर बात होगी लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से होगा जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में गरियाबंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी दुर्घटना कोरबा जिले में कटघोरा अंबिकापुर मार्ग पर बरपाली के पास आज चारपहिया वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हई भिडंत में मोटरसाइकिल सवार चार लोगों की मौत हो गई वहीं जांजगीर चांपा जिले में बलौदा क्षेत्र के पोन्च गांव के पास एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के असर से इन दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है मौसम में आए इस बदलाव के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है सरगुजा रायपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है

संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में भाजपा किसान मोर्चा ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया और कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल तथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जांजगीर चांपा जिले में हसौद क्षेत्र के खैरझिटी गांव में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान दल को बंधक बनाने और डायल एक सौ बारह वाहन में तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने बारह आरोपियों को गिरफ्तार किया है विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा कल लाईवलीहुड कॉलेज जोरा में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा